नेता चुने जाने के बाद श्री मोदी सांसदों को संबोधित करेंगे नरेन्द्र मोदी आज शाम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलकर नई सरकार के गठन का दावा भी पेश करेंगे श्री मोदी ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर के उन्हें अपना इस्तीफा साँपा था जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया था इस्तीफा स्वीकार करने के बाद राष्ट्रपति ने श्री मोदी को नई सरकार के गठन तक अपने पद पर बने रहने को कहा था इससे पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हूयी मंत्रिमण्डल की बैठक में सोलहवीं लोकसभा को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया गया था श्री कोविंद ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हये आज सोलहवीं लोकसभा को भंग कर दिया है लोकसभा का कार्यकाल तीन जुन को समाप्त हो रहा है इससे पहले सत्रहवीं लोकसभा को गठन जरूरी है सत्रहवें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तीन सौ तीन सीटें और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को तीन सौ इक्यावन सीटें मिली हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार एक सौ तीस करोड़ भारतीयों के सपनों को साकार करने और नये भारत के निर्माण के लिए पहले से अधिक कृत संकल्प है राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपने के बाद एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनके कार्यकाल का सूर्य अस्त हो रहा है लेकिन उनके कार्यों से जो चमक आई है वो करोड़ों लोगों के जीवन को उजाला करती रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ ब्लॉक स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों से मुलाकात कर के उनका अभिवादन किया प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव नुपेंद्र मिश्र और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोमाल सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने संपन्न लोकसभा चुनावों में शानदार जीत के लिए नरेन्द्र मोदी का अभिनंदन किया प्रधानमंत्री ने पिछले पांच वर्षों के दौरान समूवे पी एम ओ के प्रयासों और समर्पण की सराहना की उन्होंने सभी से भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में मुख्य भूमिका निमाने के लिए और अधिक कड़े प्रयास के लिए अपने को पुनर्समर्पित करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसदीय चुनाव में भाजपा की जीत को लोकतंत्र की विजय बताया है उन्होंने कहा कि चुनाव में मतदान का आंकड़ा लोकतांत्रिक विश्व के इतिहास की सबसे बड़ी घटना है श्री मोदी नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि यह विजय नये भारत के निर्माण के लिए मिला जनादेश है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कभी अपने आदर्शो का परित्याग नहीं करेंगी इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि भाजपा के इस प्रचंड बहुमत का श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया जाना चाहिये कार्यकर्ताओं का अथक परिश्रम चुनाव नतीजों में परिलक्षित हुआ है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में पार्टी की शानदार जीत के बाद कल नई दिल्ली में वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से उनके निवास पर मुलाकात की श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि पार्टी की सफलता के पीछे लालकुष्ण आडवाणी जैसे महान नेताओं के दशकों का कठिन परिश्रम है मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के साथ निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्र ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की उन्होंने राष्ट्रपति को लोकसभा चुनाव में विजयी उम्मीदवारों की सूची सौंपी राष्ट्रपति ने निर्वाचन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को बधाई दी राष्ट्रपति भवन से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि राष्ट्रपति ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग उसके अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों पुलिस तथा सुरक्षाकर्मियों के प्रयासों की सराहना की है राष्ट्रपति ने निर्वाचन प्रक्रिया में हिस्सा लेने पर करोड़ों मतदाताओं की भी सराहना की है नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर आज पार्टी कार्यसमिति की बैठक आयोजित हुयी जिसमें लोकसभा चुनाव में पार्टी की पराजय के कारणों के बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श किया बैठक में पार्टी अव्यक्ष राहुल गांधी यूपीए अव्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सहित वरिष्ठ नेता मौजूद रहे लोकसभा चुनाव में पार्टी को केवल बावन सीटे ही मिली हैं प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर हुयी दो दुर्घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य गम्मीर रूप से घायल हो गये घायलों को इलाज के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया है पहली घटना मेरठ के रोहटा क्षेत्र में हुयी जहां एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर गंगा नहर में गिर गयी इस दुर्घटना में तीन बच्चों सहित छः लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन महिलायें गम्मीर रूप से घायल हो गयीं कार के अनियंत्रित होने का कारण टायर का पक्चर होना बताया जा रहा है